अब समाचार विस्तार से विज्ञापन रोक निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर सभी चरणों के मतदान के दिन और मतदान के दिन से एक दिन पहले निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना विज्ञापन प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है निर्वाचन आयोग ने कहा कि चुनाव में ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं उसने कहा कि ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित होने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिल पाता आयोग ने बताया कि विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को आसान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन और निगरानी सभिति को तुरंत सतर्क और सक्रिय कर दिया गया है राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने इस बारे में सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अखबारों को निर्देश जारी करने को कहा है

इस चरण के लिए प्रचार मंगलवार को समाप्त हो जाएगा देशभर में राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं

इनमें आंध्र प्रदेश अरूणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नगालैंड सिक्किम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तेलंगाना और उत्तराखण्ड शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोबारा पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे और वह त्रिपुरा के गोमती जिले में उदेपुर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे वह मणिपुर में रैली करेंगे श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में भी जनसभा को सम्बोधित करेंगे वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर शामली और बिजनौर में जनसभाओं को सम्बोधधित करेंगी बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती सहारनपुर के देवबंद में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव रैली करेंगी

इसमें मध्यप्रदेश की तीन हरियाणा से आठ ओडिसा से एक राजस्थान की चार उत्तरप्रदेश की चार पश्चिम बंगाल की एक और झारखंड की तीन सीटों पर नाम तय किये गये है पार्टी ने छिदवाडा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के खिलाफ नाथन शाह को मैदान में उतारा है वहीं देवास से महेन्द्र सोलंकी और ग्वालियर से विवेक शेजवलकर को अपना उम्मीदवार बनाया है उधर छिदवाडा विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ के सामने विवेक साहू बंटी को टिकट दिया गया है भाजपा ने अभी भोपाल और इंदौर सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है कांग्रेस ने भी कल पांच और उम्मीद्वारों के नामों का ऐलान किया भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए शत्रृष्न सिन्हा को पटना साहिब से उम्मीद्वार बनाया गया है वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से पार्टी के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है सूची में पंजाब से तीन उम्मीद्वारों के नाम शामिल हैं मतदाता जागरूकता लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये प्रदेश में लगातार जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं इसी कड़ी में आज भोपाल में जिला प्रशासन द्वारा वोट क्लब पर वॉक फार डेमोकेसी कार्यकम का आयोजन किया गया है कार्यकम में जिले के सभी स्वीप आइकॉन सहित देश में महिलाओं की श्रेणी में यूपीएससी टॉपर सृष्टि देशमुख भाग लेंगी

श्रीमति बी आजादी के बाद से लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं नरसिंहपुर में आज मतदाता मैराथन का आयोजन किया गया है खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी लगातार मतदाता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

इस दौरान वे लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे भिण्ड मुरैना सागर बैतूल सहित विभिन्न जिलों से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के समाचार मिले हैं

इसके साथ ही तीन दिन तक चलने वाला पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो जायेगा इसके अंतर्गत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों को पोलिया की खुराक पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने निकटतम पोलियो बूथ पर अपने बच्चों को पोलियो की दवा जरूर पिलायें

जो निर्माणाधीन इमारतों ईंट भट्टो थ्रेसर आदि पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों और घूमन्तु आबादी के बच्चों को दवा पिलाने का काम करेंगी

इन पर दवा पिलाने से छूटे बच्चों को कल सोमवार और मंगलवार को आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगी कटनी में भी पल्स पोलियो अभियान की व्यापक तैयारी की गई है

पन्ना जिले में भी आज से तीन दिन तक चलने वाला पल्स पोलियो अभियान शुरू हो रहा है उमरिया गुना भिण्ड मुरैना सागर अनूपपुर बैतूल मंडला सहित विभिन्न जिलों से पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के समाचार मिले हैं राज्यपाल राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कल इंदौर में परिंदों के लिए पानी के सकोरे रखने और उन्हें दाना डालने के अभियान का शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परिंदे समाज से दूर नहीं हों इसके लिए सभी मिलकर जतन करें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश जंगलों का प्रदेश है यहाँ प्राकृतिक संसाधन प्रचुर हैं लेकिन हमें कई बार यह पता नहीं चल पाता कि बेजुबान जानवरों और परिंदों के लिए पानी का इंतजाम है या नहीं हमें अपने परिवेश में परिंदों के लिए दाना पानी की चिंता अवश्य करना चाहिए श्रीमती पटेल ने कहा कि पचमढ़ी और भोपाल के राज भवन परिसर सहित इंदौर के रेसीडेंसी जैसे विशाल परिसर वाले संस्थानों में व्यापक पैमाने पर पानी के सकोरे रखे जाने की पहल की गई है शहरों में भी जहाँ कही जगह हो वहाँ ऐसा किया जाना चाहिए बाबूलाल गौर वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की कल शाम अचानक तबियत बिगड़ गई उन्हें बोलने में तकलीफ की वजह से भोपाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है बताया जा रहा है कि सिर में ब्लड क्लाट आ जाने से श्री गौर को परेशानी हुई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया

इसके अलावा श्री गौर कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं

पांच मैचों में मुंबई इंडियन्स की यह तीसरी जीत है जबकि हैदराबाद की टीम की यह दूसरी हार है

आज के मैचों में रॉयल चौलेंजर्स बेंगलौर और डेल्ही कैपिटल्स के बीच बंगलुरू में शाम चार बजे से और राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाईट राइडर्स के बीच जयपुर में रात आठ बजे से मैच खेले जाएंगे